मौसम विभाग ने जोधपुर पाली और नागौर में भारी बारिश के चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट किया जारी राज्य सरकार ने पहलू खान प्रकरण की जांच के लिये एसआईटी गठित की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा नये कॉलेज जल्द शुरू करना सरकार की प्राथमिकता

जिसके कारण कई जिलों में सामान्य जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है मौसम विभाग ने जोधपुर नागौर और पाली जिले में भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है

बारां में हुई बरसात के बाद कई कच्चे मकान ढहने और कई रास्तों के अवरुद्व होने की सूचना है धौलपुर के राजाखेडा उपखण्ड के साथ साथ चवल किनारे बसे गांवो के लिए अलर्ट जारी किया गया है दौसा जिले को मोरेल बांध के ओवर फ्लो होने की संभावना के चलते सवाईमाधोपुर और दौसा जिला प्रशासन ने मोरल नदी के आस पास वाले गांवों में अलर्ट जारी किया है और प्रशासन को मुस्तैद होने को कहा है भीलवाड़ा जिले में मूसलाधार वर्षा से नदी और बांधों के उफान पर होने से कई गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है चित्तौडगढ़ शहर के मध्रवन बाईपास पर पानी भर गया है जबकि बेगू में ब्राह्मणी नदी उफान पर है जोधपुर में भी भारी वर्षा का दौर जारी है जिसके कारण जनजीवन पर खासा असर पडा है

राजसमंद में वर्षा के कारण बाघेरी नाका बांध में पानी की आवक से बांध छलक गया है जबकि बाडमेर में कल रात से कई स्थानो पर रूकरूक कर बरसात हो रही है यहा लूणी नदी का जलस्तर लगातार बढ रहा है

सीकर जिले के रेवाड़ी फुलेरा रेलवे मार्ग पर हुई मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने से मार्ग अवरूध है

वही प्रतापगढ़ जिले में ज्यादातर नदी नाले में बरसात का पानी लबालब हैं यही बरसात के पानी से जाखम बाध छलक गया है जिले के धरियावद क्षेत्र में बरसात के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है

बाढ़मेर में लूणी नदी में पानी का वेग तेज होने से प्रशासन अलर्ट पर है यहा सड़क मार्ग कई जगह अवरूध है पाली जिले में जोधपुर को जाने वाला मार्ग भारी बरसात के बाद अवरूद्व है

राजसमंद में मावली मारवाड़ रेल लाइन के गोरमघाट के पास चट्टाने गिरने से रेल संचालन अग्रिम आदेश तक बंद कर दिया गया है

इस दौरान श्री गहलोत ने इस प्रकरण के घटनाक्रम और अनुसंधान में रही त्रुटियों पर चर्चा की बैठक में निर्णय किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय पर अपील की जाए जिसमें एक वरिष्ठ अधिवक्ता की सेवाएं ली जाएंगी सम्पूर्ण प्रकरण की जांच के लिए एडीजी क्राइम की निगरानी में स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया जाएगा

चीन को छोड़कर सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों ने अनौपचारिक बैठक में भारत का समर्थन किया

भारत ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह इस वास्तविकता को स्वीकार कर ले

उन्होंने कहा कि दूरी के कारण किसी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होना पडे इसके लिए नए कॉलेज जल्द शुरू करना सरकार की प्राथमिकता है श्री गहलोत ने ऐसे कॉलेज जिनके अब तक भवन नहीं बने हैं उनके निर्माण की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कत्थक भारतीय संस्कृति को दर्शाने वाली नृत्य शैली है नृत्यम भारतीय कलाओं और संस्कृति को आगे बढ़ाएगा और इसके माध्यम से कत्थक और इससे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन मिलेगा नृत्यम के तहत कत्थक के चार प्रमुख घरानों की प्रस्तुतियां होगी

निगम के अधिकारियो ने बताया ँकि जिले में इंपलोयमेंट लिंकड स्कील ट्रेनिंग प्रोग्राम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और रेगुलर स्कील ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है